श्रीमती राजे आज जयप्र में अपने निवास पर मिलने आए लोगों को संबोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही उनकी पूंजी है और वह उनके भरोसे पर खरा उतरेगी

इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री युनूस खान भी मौजूद थे राज्यपाल ने राजभवन में वनस्थली विद्यापीठ को अकादमिक उत्क ष्टता के लिए मिले प्रमाण पत्रों का अवलोकन भी किया उन्होंने विद्यापीठ को महिला सशक्तिकरण के लिए अपने वैवेकिक अनुदान कोष से पांच लाख रूपये की धन राशि प्रदान की इस अवसर पर राज्यपाल श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण अंचल में स्थापित विद्यापीठ ने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया है विद्यापीठ द्वारा प्रत्येक छात्रा के व्यक्तित्व को निखारने और उत्कष्ट शिक्षा पर जोर दिया जाना महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है

श्री मेघवाल ने आज जैसलमेर में पत्रकारों को बताया कि इस बारे में गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अवगत करवाया गया है उन्होंने बताया कि जल्दी ही विकास कार्यों के लिए बी ए डी पी के बजट को खर्च करने का दायरा बढ़ाया जाएगा

मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अग्रवाई में न्यायाधीश ए एम खानविलकर और न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कानून और न्याय मंत्रालय और महिला तथा बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किए बाद में मामले को पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ को भेज दिया गया

गौरतलब है कि किसानों द्वारा रबी की फसल का ऋण चुकाने के बाद ही उन्हें खरीफ फसलों के लिए ऋण दिया जा सकता है

कल सभी संभाग मुख्यालयों पर मशाल रन का आयोजन होगा बुधवार से तीन दिवसीय राजस्थान दिवस की विधिवत शुरूआत होगी जयपुर के पुलिस कमिश्नर संजय अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा यातायात तथा पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है राजस्थान दिवस समारोह के तहत बुधवार को लघु फिल्म महोत्सव भी आयोजित किया जाएगा

आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने श्री केजरीवाल की तरफ से चादर पेश की इसके बाद दरगाह के बुलंद दरवाजे पर श्री केजरीवाल का संदेश पढ़कर सुनाया गया

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की ओर से इस प्रतियोगिता में सॉफ़टवेयर संस्करण का फाइनल होगा परिषद के अध्यक्ष अनिल डी सहस्त्राब्दे ने बताया कि इसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर उत्पाद विकास की प्रतियोगिताएं होंगी

पुलिस ने सकियता दिखाते हुए दबिश देकर अपहृत युवक को छुड़ा लिया और बाद में अपहरणकर्ताओं को भी पकड़ लिया

श्री पायलट ने आज बीकानेर में पत्रकारों से कहा कि अगर डाटा ऐसे लोगों को हाथ लग गया जो इसका दुरूपयोग करें तो देश के सामने संकट खड़ा हो जायेगा उन्होंने कहा कि यह मामला किसी से भी जुड़ा हो अगर कोई गलती हुई हो तो उसे स्वीकार करके इसे ठीक किया जाना चाहिए

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ले कर्नल गुमान सिंह राव ने बताया कि सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार चार अप्रैल को बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसलमेर जालोर और प्रतापगढ़ के युवाओं की भर्ती परीक्षा होगी इसी तरह पांच अप्रैल को बाड़मेर और उदयपुर छह से आठ अप्रैल तक जोधपुर जिले की विभिन्न तहसीलों के अभ्यर्थी और नौ अप्रैल को पाली और सिरोही जिले तथा बाहरी अभ्यर्थियों की भर्ती के लिये परीक्षा होगी

भरतपुर में आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में फ्लैगशिप योजनाओं को क्रियान्वयन की समीक्षा की गई चित्तौड़गढ में आज अफीम उत्पादक किसानों ने अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा